राज्य सरकार ने पुलिस व प्रशासनिक विभाग में किया बड़ा फेरबदल मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के निचले इलाकों में ओलावृष्टि और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा व हिमपात की चेतावनी की जारी भक्ति आंदोलन के प्रणेता संत श्री रविदास जी की जयंती प्रदेश भर में श्रद्दापूर्वक मनाई गई सुरेश प्रभु केन्द्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जीईएम योजना शुरू कर रही है वे आज सोलन ज़िले के बद्दी स्थित पीएचडी चैंबर ऑफ कार्मस में प्रदेश के उद्योगपतियों के साथ एक विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि जीईएम योजना के माध्यम से किसी भी उत्पादक विक्रेता और खरीददार के बीच सीधा तालमेल होगा और इससे बाज़ार से बिचौलिए भी खत्म होगें केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से उद्योगपतियों और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश बढ़ाने के अलावा पहले से चल रहे उद्योगों की सुविधा के लिए औद्योगिक नीति में भी बदलाव कर रही है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इज़ ऑफ ड्ईग बिजनस को बढ़ावा देने के लिए पिछले पांच सालों में इंडिस्ट्रीयल कॉरीडोर के माध्यम से बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत किया गया है उन्होंने उद्योगपतियों के सवालों के जवाब भी दिए

बदले गए आईपीएस अधिकारियों में हाल ही में डीआईजी के पद पर पदोन्नत तीन पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं इसके अलावा डीआईजी पद पर पदोन्नत हुए संतोष पटियाल अगले आदेशों तक एसपी कांगड़ा के पद पर बने रहेंगे इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है आईजी लॉ एंड आर्डर एन वेणुगोपाल को आईजी सेंट्रल रेंज मंडी लगाया गया है आईपीएस अधिकारी अतुल कुमार फुलझेले को आईजी उत्तरी रेंज धर्मशाला का कार्यभार सौंपा गया है पुनीता भारद्वाज को आईजी वेलफेयर एंड एडमिन पुलिस हेडक्वार्टर शिमला लगाया है शिमला के सहायक पुलिस महानिरीक्षक ट्रैफिक दूरिस्ट व रेलवे पदम चंद अब एसपी लोकायुक्त शिमला का अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे

आईएएस अधिकारियों में आशुतोष गर्ग को एडीसी विकास व परियोजना अधिकारी मंडी और राघव शर्मा को एडीसी विकास एवं परियोजना अधिकारी कांगड़ा के पद पर लगाया गया है इसी तरह अमित कुमार को एसडीओ सिविल सुंदरनगर अनुराग चंद्र को एसडीएम मनाली जतिन लाल एसडीएम कांगड़ा राहुल कुमार एसडीएम संगड़ाह और तोरूल एस रविश को एसडीएम अंब के पद पर तैनाती दी गई है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहली मार्च को नए भवन की आधारशिला रखेंगे उन्होंने कहा कि इससे सिरमौर सहित पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तराखंड के लोगों को भी अत्याधुनिक व विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी राजीव बिंदल ने कहा कि मैडिकल कॉलेज और भारतीय प्रबंधन संस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन हैं जिससे सिरमौर जिला की देश में एक अलग पहचान बनी है इस बीच नाहन में आज एक बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में नाहन निर्वाचन क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं स्वीकृत की है राजीव बिंदल ने नाहन क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर खोल के तीन अतिरिक्त कमरों का लोकार्पण भी किया

उन्होंने कहा कि पठानकोट से घटासनी और घटासनी से मंडी तक फोरलेन के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि फोरलेन के निर्माण से मंडी पठानकोट के बीच दूरी कम होगी जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी

नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी एप्प और माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार और सुझाव भेजने का आग्रह किया है लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए हिन्दी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकार्ड कर सकते हैं

जनजातीय जिला किन्नौर में भारी बर्फबारी और ग्लेशियर गिरने से सेब बागीचों को बहुत नुक्सान पहुंचा है कल्पा उपमंडल की बारंग पंचायत के बागवान रणवीर सिंह नेगी ने कहा है कि ग्लेशियर के साथ बर्फीला तूफान आने से कई स्थानों पर सेब के पेड़ पूरी तरह से उखड़ गए हैं जिससे बागवानों को करोड़ों रुपए का नुक्सान हुआ है वहीं जिला उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि मौसम साफ होते ही ग्लेशियर से बागीचों को हुए नुक्सान का जायजा लेकर प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा इस बीच कुल्लू जिला प्रशासन ने भी ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और हिमखंड गिरने की आशंका को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को एहतिायत बरतने की सलाह दी है उधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में भारी हिमपात होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं

इधर शिमला जिले के कुफरी नारकंडा और खड़ा पत्थर में ताजा हिमपात हुआ है

यह उड़ान मौसम पर निर्भर करेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संत रविदास को उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि दी है उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि सौहार्द समानता और सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में संत रविदास के संदेश शाश्वत और बहुमूल्य हैं और इनसे लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी इधर प्रदेश के विभिन्न भागों में संत श्री गुरु रविदास की जयंती ध्रमधाम से मनाई गई शिमला के कृष्णानगर वार्ड में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को आपसी भाईचारे और बिना भेदभाव से रहने की शिक्षा दी है उन्होंने कहा कि देश और समाज के विकास के लिए सभी को अपनी सहभागिता निभानी चाहिए स्वाथ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगड़ा जिला के भवारना में आयोजित कार्यक्रम में गुरु रविदास के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित किए उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने साबित किया कि विचारों की श्रेष्ठता समाजहित की भावना से प्रेरित कार्य और सद्व्यवहार जैसे गुण मनुष्य को महान बनाने में सहायक सिद्व होते हैं

इस मौके चम्बा में शोभा यात्रा निकाली गई और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया गुरु रविदास सभा के पदाधिकारी भोला सिंह ने बताया कि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं समाज के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं और उन्होंने विश्व में एकता का संदेश दिया था

उप महालेखाकार ध्र्व भोला ने बताया है कि इसमें जिले के सभी विभागों के आहरण व संवितरण अधिकारियों समस्त पैंशन संगठनों के पदाधिकारियों तथा सेवानिवृत अधिकारियों और कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है इस दौरान पैंशन सामान्य भविष्य निधि और पारिवारिक पैंशन संबंधी मामलों के निपटारे के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी